प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बालिकाओं और महिलाओं को मिलेगी रोड़वेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी महिला दिवस की शुभकामनायें राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में बढोतरी से गर्मी का असर बढा मौसम विभाग ने जताई तापमान में और बढोतरी की संभावना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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बडी राहत मिली है श्री मोदी ने बताया कि इन केन्द्रों के जरिए लोगों को अब तक नौ हजार करोड़ रुपये की बचत हई है

प्रधानमंत्री ने बताया कि देशभर में एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र महिलाएं संचालित करे रही हैं

प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की जन औषधि दिवस के अवसर पर चूरू में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सजीव प्रसारण देखा इस अवसर पर राज्य विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को गरीब और असहाय रोगियों के लिये वरदान बताया

कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी राज्यसभा की बैठक सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक आयोजित की जायेगी जबकि लोकसभा शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चलेगी

भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जिसने इतने कम समय में अधिक लोगों का टीकाकरण किया है

रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंन्ट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि आमेर के सीआईएसएफ ग्राउण्ड पर आयोजित होने वाली इस रैली के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

नहर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार क्लोजर रहने से केवल पीने के पानी की ही आपूर्ति की जायेगी विभाग ने लोगों को पानी का पर्याप्त भण्डारण करने की सलाह दी है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर हनुमानगढ के किसानों को इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहर से मार्च महीने में सिंचाई के लिये पानी की आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया है पत्र में उन्होने कहा है कि रबी की फसल पकने वाली है इसलिये किसानों को पानी की आवश्यकता है इसे देखते हये ये आग्रह किया गया है

श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ़ेन्स के माध्यम से महासभा के छात्रावास और सामुदायिक भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग के लिये कई कल्याणकारी योजनायें संचालित कर रही है

ये छात्रावास प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के तहत बनाया जायेगा कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में ये सुविधा दी जायेगी निशुल्क यात्रा के लिये अग्रिम आरक्षण सुविधा भी प्रदान की गई है राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई और श्भकामनायें दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि समाज को नारी शक्ति के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी मुख्यमंत्री ने लोगों से आहवान किया कि महिलाओं को आगे बढने के लिये समान अवसर प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभायें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला मे आज जयप्र में शक्ति आर्ट कैम्प की शुरूआत हुई

बूंदी जिले के दौलतपुरा में आज महिला सशक्तीकरण पर एकदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया बीकानेर जिले के श्रीड्ंगरगढ में आज राज्यस्तरीय साहित्यकार समारोह आयोजित किया गया जिसमें साहित्यकारों ने समय साहित्य और समाज विषय पर चिंतन किया इस अवसर पर भाषा साहित्य संस्कृति और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया

हनुमानगढ चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में आज कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है